जनजीवन को सामान्य बनाने के लिये केन्द्र सरकार की ओर से जिलों को रैड ऑरेन्ज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और उन्हीं के अनुसार लोगों को आज से रियायतें मिलेंगी राज्य के गूह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि लोगों को संक्रमण से बचाने के लिये पूर्ण प्रतिबंधित गतिविधियां पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी इनमें हवाई रेल बस सेवा अंतराज्यीय आवागमन शामिल है स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे किसी तरह के धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे

आधिकारिक स्तर पर इन राज्यों से संपर्क किया जा रहा है श्री गहलोत ने प्रवासियों से अपील की कि वे धैर्य बनाये रखें और आने की जल्दबाजी न करें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में धीरे धीरे चीजें सामान्य होंगी इसके बाद प्रवासी आसानी से गांव लौट सकेंगे राज्य में कोरोना संकमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या तेजी बढ रही है

हमारे चितौड़गढ संवाददाता ने बताया है कि एक साथ बड़ी संख्या में मामले सामने आने के बाद जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे की सीमाएं सील कर बड़ी संख्या में सैंपल लिये जा रहे हैं

इसके अलावा उदयपुर में पांच अजमेर में तीन भरतपुर कोटा और प्रतापगढ में दो दो तथा डूंगरपुर में एक नया मामला सामने आया

इसके अलावा सामान्य रोगियों का टेली मेडिसिन के माध्यम से उपचार की सुविधा भी आज से शुरू की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल पत्रकारों को बताया कि आईसीएमआर ने एसएमएस अस्पताल को प्लाज्मा थैरेपी से उपचार के लिए इजाजत दे दी है

इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार की जा रही है

सरकार ने लाभार्थियों के लिए बैंक जाने की तारीखवार योजना भी घोषित की है ताकि बैंकों में सुरक्षित दूरी के नियम का पालन किया जा सके श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने के लिए यदि उनके पास कोई सुझाव हैं तो वे हमारे वॉट्सएप नम्बर और ई मेल आईडी पर भेज सकते हैं

करौली में तेज अंधड के कारण बिजली का खंबा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गयी